दो दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में पूर्वोत्तर में सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सीमा और भूमिगत आंदोलनों पर गहराई से विचार विमर्श किया जाएगा केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उद्घाटन सत्र में कहा कि पिछले साढ़े चार वर्षों के दौरान पूर्वोत्तर की सुरक्षा व्यवस्था में बेहतर सुधार हुआ है उन्होंने कहा कि घुसपैठ की घटनाओं में पचास प्रतिशत से अधिक की कमी आई है श्री रिजिजू ने कहा कि पूर्वोत्तर भारत का एक जटिल क्षेत्र है जहा की पुलिसिंग की तुलना अन्य राज्यों से नहीं की जा सकती है उन्होंने कहा कि सभी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस क्षेत्र के लिए किया जा रहा संगठित प्रयास काफी महत्वपूर्ण है मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने सीमा से जुड़े राज्यों से खुफिया सूचनाओं का आदान प्रदान किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा से किसान सशक्त होंगे और कृषि क्षेत्र में मजबूती आएगी इन योजनाओं को केंद्रीय मंत्रिंडल ने मंजूरी दी है प्रधानमंत्री ने वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने और उनके जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव लाने की सरकार की प्रतिबद्धता फिर दोहराई है टवीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक राष्ट्र के मेहनतकश किसानों का आभारी है पीएम आशा से जुड़ी नई नीति का उद्देश्य किसानों को अपने उत्पाद का लाभकारी मूल्य मिलना सुनिश्चित करना है नई खरीद नीति से राज्यों को मुआवजा योजना चुनने की अनुमति होगी और वे खरीद के लिए निजी एजेंसियों को ला सकते हैं पीएम आशा के तहत अनाजों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कम होने की स्थिति में राज्यों को मौजूदा तीन योजनाओं मूल्य सहायता योजनापीएसएस नई तैयार की गई मूल्य कमी भुगतान योजनापीडीपीए और पायलट के तौर पर शुरु की गई

उद्घाटन समारोह में तवांग विधायक सेरिग ताशी और अन्य आलाधिकारी भी उपस्थित थे भारत और असियान देशों के बीच मैत्री के पच्चीस वर्ष के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया जा रहा है केंद्र सरकार सहित नई दिल्ली के रॉयल थाई एम्बेसी के साथ सहयोग से रैली का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है मैत्रिता को बढ़ाने और लोगों के बीच संपर्क मिशन के साथ रैली चौबीस दिन में म्यांमा थाइलैंड लाओस और कम्बोडिया होते हुए करीब सात हजार किलोमीटर की दूरी तय करेगी इसके अलावा ये रैली भारत और आसियान देशों के बीच पुराने संबंधों और संपर्क की खोज द्वारा व्यापार एवं पर्यटन को भी बढ़ावा देगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आलो लिबांग ने कल रुकसिंग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉड स्टोरेज बिल्डींग और दस बिस्तरों वाली प्रसूति विभाग का उद्घाटन किया समारोह को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने चिकित्सकों से मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा मुहैया कराने के लिए पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ काम करने का आह्वान किया

ज्ञापन में स्वास्थ्य मंत्री से अस्पताल के लिए डीजल जेनरेटर सेट मुहैया कराने स्टाफ क्वाटर का निर्माण करने और जल निकासी व्यवस्था का आग्रह किया गया श्री लिबांग ने स्थानीय विधायकों और स्वास्थ्य सेवा निदेशक के साथ सलाह मशवरे के बाद उनकी मांगों को प्राथमिकता के आधार पर देखने का आश्वासन दिया है विभिन्न संगठनों ने राष्ट्रीय राजमार्ग एवं बुनियादी ढ़ांचा विकास निगम लिमिटेड एन एच आई डी सी एल से ट्रांस अरुणाचल हाइवे के अंदर जोरम कोलोरियांग सड़क के तालो से यापप गेको तक फैले मार्ग का तत्काल पुनुरुद्धार और रखरखाव करने का आग्रह किया है न्यीशी एलिट सोसायटी के महासचिव हेरी मारिंग के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने कल ईटानगर में एन एच आई डी सी एल कार्यालय में निगम के महाप्रबंधक कर्नल प्रभाकर कुमार से मुलाकात की बैठक में दल ने महाप्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपकर अक्टुबर महीने के पहले सप्ताह के भीतर तालो यका शिविर से यापप गेको तक की क्षतिग्रस्त मार्ग के पुनुरुद्धार और रखरखाव का आग्रह किया दल द्वारा सौंपे ज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए श्री कुमार ने दो सप्ताह के भीतर सड़कों का पुनुरुद्धार कार्य शुरु करने का आश्वासन दिया वेस्ट कामेंग जिले के नाफरा में गत मंगलवार को आयोजित सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण में पचास ग्रामीण परिवारों को नई एल पी जी कनेक्शन दिया गया सरकार आपके द्वार अभियान राज्य सरकार द्वारा एक ही स्थान पर कई समस्याओं को सुलझाने के लक्ष्य के साथ नागरिकों को सेवाएं उपलब्ध कराने का एक प्रयास है